से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जमीन घोटाला मामले में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो एसीबी को जांच करने के प्रस्ताव को दी मंजरी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

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन इस अंशदान को कर्मचारी के आधार नम्बर से जुडे भविष्य निधि खाते में इलेक्ट्रोनिक तरीके से जमा करेगा मंत्रिमंडल ने सार्वजनिक वाई फाई सुविधा प्रदान करने के लिए डेटा कार्यालयों के माध्यम से लाइसेंस शुल्क के बिना सार्वजनिक वाई फाई नेटवर्क लगाने को भी मंजूरी दे दी है दूरसंचार और सूचना प्रोद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि सार्वजनिक वाई फाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस को पीएम वाणी के रूप में जाना जाएगा उन्होंने कहा कि इससे सार्वजनिक वाई फाई नेटवर्क को बढ़ावा मिलेगा और देश में वाई फाई क्रांति आएगी श्री प्रसाद ने यह भी कहा कि मंत्रिमंडल ने मुख्य भूमि में कोच्चि को लक्षद्वीप से समुद्री ऑप्टिकल फाइबर केबल संपर्क से जोडने की परियोजना को भी मंजूरी दे दी है

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी कल नए संसद भवन का शिलान्यास करेंगे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 नया संसद भवन आध्निक तकनीकी सुविधाओं से युक्त और ऊर्जा क्शल होगा मौजूदा संसद भवन से सटी त्रिकोणीय आकार की इमारत सुरक्षा सुविधाओं से युक्त होगी नए भवन की सज्जा भारतीय संस्कृति क्षेत्रीय कला शिल्प वास्तुकला की विविधता का समृद्ध मिलाजुला स्वरूप होगा नए संसद भवन के निर्माण में हरित प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल होगा और पर्यावरण अनुकूल कार्यशैली को बढ़ावा दिया जाएगा प्रधानमंत्री के नये संसद भवन के शिलान्यास कार्यक्रम का सीधा प्रसारण आकाशवाणी से दोपहर बारह बजकर पचपन मिनट से किया जायेगा शिलान्यास कार्यक्रम का सीधा प्रसारण

इस कारण आकाशवाणी रांची से दोपहर एक बजकर बीस मिनट पर प्रसारित होनेवाला प्रादेशिक समाचार प्रधानमंत्री के कार्यक्रम के तुरंत बाद होगा

यह वैश्विक अभियान वर्ष भर चलेगा इस अवसर पर व्हाट्सऐप पर लत छोड़ने की चुनौती और तंबाक छोड़ने के सौ से अधिक कारण नाम के एक प्रकाशन को भी जारी किया गया है इस अभियान के तहत कम से कम एक करोड़ ऐसे लोगों को सहायता प्रदान की जाएगी जो तम्बाक छोडने के लिए प्रयास कर रहे हैं विश्व स्वास्थ्य संगठन अपने सहयोगियों के साथ मिलकर ऐसे डिजिटल समुदायों का निर्माण करेगा जहां तम्बाक छोड़ने के इच्छ्क लोगों को सामाजिक स्तर पर सहायता मिल सकेगी इसका लक्ष्य उन देशों पर ध्यान केन्द्रित करना है जहां विश्व में तम्बाकू का सबसे अधिक उपयोग करने वाले लोग रहते हैं

एसीबी को अधिकतम पैंतालीस दिनों के अंदर इस घोटाले की जांच कर प्रारंभिक रिपोर्ट देने को कहा गया है सीएम हेमंत सोरेन ने दोषियों के खिलाफ कानूनी कारवाई करने का निर्देश दिया है

उन्होंने कहा कि सरकार बनने से पूर्व कांग्रेस गठबंधन ने किसानों से कर्ज माफी का वादा किया था जिसे पूरा किया जा रहा है खूंटी जिले के कर्रा में नाबालिग छात्रा से हुए सामूहिक दुष्कर्म मामले में पुलिस ने दो नाबालिग समेत पांच युवकों को हिरासत में लिया पुलिस अधीक्षक आशुतोस शेखर ने प्रेस कांफेस कर बताया कि गिरफ्तार आरोपियों की छात्रा के साथ जान पहचान पहले से थी दुमका में एक महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है वारदात की सूचना पर दुमका के डीआईजी सुदर्शन मंडल और पुलिस अधीक्षक अंबर लकड़ा ने मोफसिल थाना पहचकर पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक की पीड़िता ने सत्रह लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कराया है बैठक के बाद डीआईजी सुदर्शन मंडल ने बताया कि मामले की त्वरित जांच की जायेगी मनातू के प्रखंड विकास पदाधिकारी हत्याकांड मामले में लापरवाही बरतने पर पलामू के एसपी रहे और वर्तमान में बिहार के डीजी अरविंद पांडे पर नितिश कुमार की सरकार ने कार्रवाई की है पलामू के तेईस साल प्राने मामले में बिहार कैडर के सीनियर आइपीएस अधिकारी श्री पांडे के वेतन और प्रोन्नति पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी गई है

हत्या के बाद कारवाई में लापरवाही बरतने का आरोप तत्कालीन एसपी अरविंद पांडे पर लगाया था तभी से उनके खिलाफ विभागीय जांच चल रही थी चतरा जिले के सदर थाना क्षेत्र रिथत भावे गांव में खलिहान में आग लगने से छह सौ बारह बोरा धान जलकर बर्बाद हो गई हमारे संवाददाता ने बताया कि गांव के बारह किसानों ने बटाईदार में जमीन देकर खेती का काम शुरू किया था और धान की फसल लगाई थी इस घटना में किसानों को लगभग चार लाख रूपये का नुकसान हुआ है